हरेक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डॉक्टरों की की जायेगी तैनाती

और आईआरसीटीसी की वेबसाईट में किया गया बदलाव

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम अठारह लोगों की मौत हो गयी औरंगाबाद में सबसे अधिक पांच लोगों की मौत हुई है गया और कटिहार में चार चार नवादा तथा मुंगेर में दो दो और रोहतास में एक व्यक्ति की मौत हो गयी कई जगहों पर तेज आंधी के कारण पेड़ गिर गये जिस कारण सड़क आवागमन प्रभावित हुआ है बिजली की तारों के गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत छोटकी चेरकी गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से छत्तीस लोग गम्भीर रूप से झुलस गये इधर मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेशभर में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से आये बादलों के कारण अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में दस से पन्द्रह मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों और इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए अब प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी पटना में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि अब बीपीएससी की जगह तकनीकी आयोग डॉक्टरों और इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर डॉक्टरों की तैनाती की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि अस्पतालों में जल्द ही मरीजों के लिए तीन सौ तरह की दवाएं उपलब्ध हो जायेगी समारोह को संबोधित करते हुये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बायोमेडिकल कचरे का निष्पादन नहीं करने वालों अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री मोदी ने कहा कि प्रद्षण नियंत्रण पर्षद ने चौबीस हजार तीन सौ तीन अस्पतालों के सर्वेक्षण के बाद दो हजार अड़तीस अस्पतालों को नोटिस जारी किया है उन्होंने कहा कि इस बेड से ज्यादा के सरकारी अस्पतालों में सरकार पचहत्तर हजार रूपये से पांच लाख रूपये तक की लागत से कचरा निस्तारण संयंत्र लगायेगी आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाईट में बदलाव किया है अब रेल यात्रियों को पहले ही यह पता चल जायेगा की उनका वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या नहीं पहले यह सेवा कुछ निजी वेबसाईट पर ही उपलब्ध थी रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने बताया कि आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर यह जानकारी अधिक सटीक मिलेगी उन्होंने बताया कि अब वेबसाईट से प्रतीक्षा सूची अधिक लम्बी होने पर यात्री को विकल्प में ट्रेनों की सूची और बर्थ की उपलब्धता का पता चल जायेगा वहीं ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता देखने के लिए वेबसाईट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी भारत नेपाल के बीच रक्सौल से काठमांडू तक लगभग एक सौ पचास किलोमीटर लम्बी रेल लाईन बिछाई जायेगी इसके लिए सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिसम्बर तक सर्वे पूरा कर लिया जायेगा यह रेल लाईन रक्सौल से वीरगंज होते हुये पथलहिया निजगंज के रास्ते काठमांडू तक जायेगी बिहार से नेपाल के लिए दो रेल लाईन जयनगर से कुर्था और जोगबनी से विराटनगर पर पहले से ही काम चल रहा है इन्हें इस साल के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य है उत्तर रेलवे के जाखिम वाराणसी रेलखंड के बीच दोहरीकरण और नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने तीन जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है अर्चना एक्सप्रेस अप में उनतीस और दो मई को जबकि डाउन में तीस मई और तीन जून को रद्द रहेगी हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस अप में एक जून तक जबकि डाउन में तीन जून तक रद्द कर दी गयी है वहीं नीलांचल एक्सप्रेस अप में एक जून को और डाउन में तीन जून को रद्द रहेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास से अंगरक्षक और हाउस गार्ड हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है इस संबंध में प्रलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और बीएमपी के समादेष्टा को पत्र भेज कर एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है पटना सारण पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी मुंगेर और अररिया जिले के नगर निकायों के खाली पड़े वार्ड आयुक्तों के दस पदों के निर्वाचन के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जायेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उम्मीदवार छह जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच सात जून को जबकि नाम वापसी नौ जून तक होगी इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया जायेगा मतदान चौबीस जून को होगा सीबीएसई की दसवीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज शाम चार बजे जारी किया जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने टवीट कर ये जानकारी दी परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाईट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन और उमंग मोबाईल एप पर उपलब्ध रहेगा पूरे देश के बैंक कर्मचारी कल और परसों अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहेंगे इस दौरान एटीएम सेवा भी बाधित रहेगी कोसी नदी में गाद की समस्या का अध्ययन चीन के नदी विशेषज्ञ करेंगे जल संसाधन विभाग के अनुसार चीन गाद से निपटने के लिए तकनीक देने पर राजी हो गया है जल्द ही इस संबंध में विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन के विशेषज्ञों को आमंत्रण भेजा जायेगा प्रदेश में अब हर शनिवार को हेल्मेट की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी डीटीओ को निर्देश जारी किया है प्रदेश में अगले चार वर्षों के दौरान आठ सौ मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस संबंध में बिजली कम्पनियों को निर्देश जारी किया है आयोग के लक्ष्य के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में कुल बिजली सप्लाई का नौ दशमलव दो पांच प्रतिशत हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है प्रदेश में अब अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कृषि यांत्रीकीकरण मेले का आयोजन किया जायेगा अब तक ऐसे मेलों का आयोजन जिला स्तर पर ही होता था कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इन मेलों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत एक सौ साठ करोड़ रूपये का अनुमोदन किया गया है प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविदा पर कार्यरत अनुदेशकों को सेवा विस्तार दिया जाएगा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ग्यारह महीने की सेवा विस्तार का प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य के सात शहरों में आईटीआई बनाने के लिए विभाग ने आवश्यक राशि जारी कर दी है इस राशि से नवादा के रजौली कैमूर के मोहनियां और कटरा कला सहरसा पूर्णिया के बनमनखी सुपौल के त्रिवेणीगंज भागलपुर के कहलगांव तथा पटना के मसौढ़ी में आईटीआई का निर्माण होगा भोजपुर जिले के आरा में पुलिस ने शराब तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लोगों में पांच बिहार के तीन पंजाब के और एक हरियाणा का है मौके से एक हजार कार्टन से अधिक शराब दो ट्रक दो चारपहिया वाहन और बड़ी संख्या में सिलाई मशीन जब्त किए गए हैं पुलिस ने बताया कि बरामद शराब सिलाई मशीन से भरे ट्रकों में छुपाकर लाई जा रही थी वहीं पश्चिम चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में संतघाट चौक स्थित एक बगीचे में पुलिस ने छापेमारी कर दस कार्टन विदेशी शराब बरामद की बांका जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी लूडो चौधरी को उम्रकैद और पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत मध्य विद्यालय हसिया कोठी में विषाक्त मिड डे मील खाने से पचास बच्चे बीमार हो गये बीमार बच्चों को त्रिवेणीगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रो कबड्डी लीग सीजन छह के लिए इस वर्ष होने वाली नीलामी में बिहार के छह खिलाड़ी शामिल होंगे राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि नीलामी में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ी परवेश अजय और गौतम शामिल होंगे इनके अलावा खगड़िया के अरमान पटना के अभिनव कुमार सिंह और अजय सिंह का भी चयन किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है अब स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर भी डॉक्टर दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है ईदगाह से मिली उज्ज्वला योजना की प्रेरणा दैनिक भास्कर की खबर है जोकीहाट में तिरपन फीसदी मतदान प्रभात खबर ने लिखा है सभी रिटायर्ड प्रलिस अधिकारियों के पास से हटेंगे बॉडीगार्ड व हाउस गार्ड राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सीबीएसई दसवीं के नतीजे आज शाम चार बजे आज लिखता है अब वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की सम्भावना भी बतायेगी रेलवे

हरेक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डॉक्टरों की की जायेगी तैनाती

और आईआरसीटीसी की वेबसाईट में किया गया बदलाव